एक करोड़ चार लाख रुपये मूल्य की यह राहत सामग्री भारतीय रैडक्रास समिति हरियाणा राज्य शाखा दवारा भेजी गई है इसके साथ एक एम्ब्लैंस रैड क्रास के दो अधिकारी और पांच स्वयंसेवक भी केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गए हैं राज्यपाल ने राहत सामग्री एकत्रित करने के लिए रैडक्रास समिति जिला प्रशासन क्रूक्षेत्र पंचक्ला यम्नानगर फरीदाबाद और पानीपत की सराहना की उन्होंने कहा कि हरियाणा रैडक्रास समिति और हरियाणा के लोग किसी भी क्षेत्र में किसी भी आपदा के समय मदद के लिए तत्पर रहते हैं राज्यपाल ने केरल में बाढ़ से जान माल की हानि पर गहरा द्ख प्रकट किया है और देशवासियों से अपील की है कि संकट की इस घड़ी में वे पीड़ितों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए आगे आएं केरल में भीषण बाढ़ के बाद वहां के लोगों पर आई विपत्ति के समय सोनीपत के लोग अब उनके साथ खड़े हो गए हैं

इसके साथ ही कर्मचारियों ने और भी मदद करने का भरोसा दिया है

उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी अपना एक एक दिन का वेतन आपदा पीड़ितों की मदद के लिए दे रहे हैं

उन्होंने कहा कि च्नाव चार सितम्बर को सुबह आठ से चार बते तक होंगे और उसके त्रंत बाद वोटों की गिनती आरंभ हो जायेगी देश व विदेशों में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी जा रही श्रद्वांजलि व प्रेषित किये जा रहे शोक संदेशों को देखते हए हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों से अन्रोध किया है कि वे श्री अटल जी को श्रद्वांजलि अर्पित करने के लिए प्रत्येक ग्राम सिचवालय में विशेष कार्यक्रम करें व उनकी स्मृति में नीम पीपल बड़ जैसे दीर्घाय् वक्ष रोपित कर उनका नाम अटल स्मृति वक्ष रखें

भाजपा प्रवक्ता सांबित पात्रा ने नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में सिद् को गौर जिम्मेदार करार देते हए कहा कि इससे पता चलता है कांग्रेस पाकिस्तान की पक्षधर है

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा परियोजना को सैद्वांतिक स्वीकृति दिए जाने से क्रूक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन पर क्रूक्षेत्र शहर में ऐलिवेटेड रेलवे लाइन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है जिससे इस पवित्र शहर में यातायात दबाव कम होगा

इससे सडक़ उपरिगामी प्लों की निर्माण लागत की ही बचत नहीं होगी बल्कि चलती रेल गाडियों की स्रक्षा भी बढ़ेगी केन्द्र ने वाटसऐप से जाली संदर्शो के मूल स्थान का पता लगाने के निर्देश दिए है भारत ने कहा कि वाट्सऐप देश में एक स्थानीय सत्ता काम करें और जाली संदेशों का तकनीकी रूप से हल ढूंढे दूर तकनोलोजी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली मे वाट्सऐप के मुख्य कार्यकारी क्रिस डेनियलस के साथ हई बैठक के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी श्री प्रसाद ने कहा कि वाट्सऐप भारत की डिजीटल् कहानी में एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है इसलिए इसका भारत में एक कारपोरेट अस्तित्व होना चाहिए श्री प्रसाद ने वाट्सऐप के सीईओ से कहा कि भारतीय कानून का अन्पालन अवश्य होना चाहिए

इसी मुकाबले में अभिषेक ने कांस्य पदक प्राप्त किया

चंडीगढ में प्लिस विभाग के प्रवकता ने बताया िक गिरफ्तार किये गये प्रदीप पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला है और विवके अशोक कुमार वीरेन्द्र क्मार और दीपक सिरसा जिले से है

इन सब के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है

हरियाणा सरकार दवारा किसानों के बिजाई की गई फसलों और ई गिरदावरी के उद्देश्य के लिए फसल ई सूचना वेब लिंक विकसित किया गया है इस पर पटवारियों के प्रमाणीकरण करने की ऑन लाइन सुचना दर्ज होगी